पासीघाट में कल एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए श्री खाण्ड्र ने कहा कि सरकार किसी भी आंदोलनकारी कर्मचारियों की नौकरी को रद्द करने से नहीं हिचकिचाएंगे उन्होंने कहा कि कोसाप के बैनर तले चंद व्यक्ति अपने लाभ के लिए पदों का दुरुपयोग कर रहा है इधर मुख्य सचिव कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि वे हर दो घंटे में विभागीय प्रमुखों से उनके संबंद्ध कार्यालय के स्थितियों की रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है और प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कार्यालयों के काम काज सामान्य रुप से चल रहा है हालाकिं कुछ कर्मचारी पेन डाउनटुल डाउन आंदोलन में पाए गए है और ऎसे कर्मचारियों की लिस्ट निकाली गई है और नो वर्क नो पे के सिंद्धांत के अंतर्गत उनका एक दिन का वेतन काटे जाने की कार्यवाही की शुरुआत कर दी गई है

सरकार ने इस हड़ताल को पहले ही गैर कानून करार देने के साथ कर्मचारियों को पेन डाउन या टूल डाउन में शामिल होने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी सरकार ने कर्मचारियों से किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्रवाई से बचने को कहा जो सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है

राज भवन में कल चुनावी सूची में अपना नाम दर्ज करते हुए उन्होंने यह बात कही इस दौरान पापुमपारे जिला चुनाव अधिकारी डॉ जोराम बेदा ने राज्यपाल को व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चूनावी भागीदारी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी

नेसो ने यह भी दावा किया की अरुणाचल प्रदेश के निवासी जो चीन की यात्रा करना चाहते है उन्हें अब भी स्टेपल विजा जारी किया जा रहा है संगठन ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को चीनी अधिकारियों के साथ उठाने की अपील की बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी का पुर्वोत्तर क्षेत्र में घ्रसपैठ करना जारी है इसके मद्देनजर नेसो ने असम की तरह अन्य पुर्वोत्तर राज्यों में भी एन आर सी को कार्यान्वित की अपील की नेसो प्रतिनिधियों ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर अपनी मांग उनके सामने रखी ईस्ट सियांग जिले के मेबो में गुरुवार को मुख्य मंत्री पेमा खाण्डू ने एक कॉन्फ्रेंस हॉल का उदघाटन किया विभिन्न सेक्टरों के क्षमताओं को उपयोग में लाने के लिए भूमि हवा और रेल कनेक्टिविटी के महत्व को दोहराते हुए श्री खाण्डू ने कहा कि प्रदेश के अर्थव्यवस्था को ख्रशहाली के पथ पर आगे बढ़ाने में राज्य के तलहटी इलाकों के लोग आग़वाई कर सकते है उन्होंने कहा कि अच्छी कनेक्टिविटी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के निर्माण कार्य के संपन्न होते ही राज्य बहुत सारे आर्थिक गतिविधियिओं को देख पाएंगे सियांग नदी द्वारा भारी भू कटाव के समस्या के जल्द उपाय की मांग को लेकर गांव बुढ़ाओं द्वारा सौंपे ज्ञापन का उत्तर देते हुए श्री खाण्डू ने कहा कि इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए जल्द ही आवश्यक फंड जारी किया जाएगा हवाई के जाल्ली उम्पों में बुधवार को अतिरिक्त सहायक आयुक्त ने जिला स्तरीय निगरानी समिति की एक बैठक ब्रलाई बैठक में फ्लेगशिप और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन स्थिति पर विचार विमर्श किया गया अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए श्री उम्पों ने योजनाओं के कार्यान्वयन पर बल देते हुए कर्मचारियों से अपने पोस्टिंग जगह में बने रहने की सलाह दी

वेस्ट सियांग जिले के सरकारी विभागों ने पुशी बांग्गो प्रशासनिक अंचल में ब्रधवार को सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान किया इस दौरान विभागीय प्रमुखों ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न फ्लेगशिप कार्यक्रमों के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम और पॉलिसियों के बारे में लोगों की जानकारी दी